रेलमंत्री दौरा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज भोपाल में हबीबगंज रेल्वे स्टेशन का निरीक्षण किया इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन को लगभग सौ करोड़ रूपये की लागत से सर्व सुविधायुक्त बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि यहां जो दो सबवे बनाये जा रहे है वे आसान काम नही है इसके लिये वे रेल्वे के इंजीनियरों और परियोजना से जुडे लोगों को बघाई देते है श्री गोयल ने उम्मीद जाहिर की कि तीन से चार महीने के भीतर हबीबगंज स्टेशन पूरी तरह से शुरू हो जायेगा श्री गोयल निरीक्षण के बाद छिन्दवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई कार्यक्रम में भी शामिल हुये शिलान्यास सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान छिंदवाडा जिले के पालाचौरई में लोगों से मुलाकात की इस दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि हम साथ मिलकर समृद्ध मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल कर नये भारत का निर्माण करेंगे वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत हुई है केन्द्र सरकार जल्द ही क्षेत्र में छह नई कोयला खदाने शुरू करने जा रही है इन खदानों के शुरू होने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा

इस मौके पर उन्होंने कहा कि विछुआ में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के साथ ही हर गांव को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जायेगा

श्री चौहान ने विछुआ में नगर पंचायत के नवनिर्भित भवन के लोकार्पण के साथ ही लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पूल निर्माण कार्य का लोकार्पण किया

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी एप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है

रिकार्ड किये हुए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा

बैंकिंग बैठक मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि जिन प्रकरणों में राज्य शासन गारंटी दे ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा गारंटी मांगने की आवश्यकता नही है

बैंक यह सुनिश्चित करें कि जनकल्याण और लोगों को आत्म निर्भर बनाने के उददेश्य से संचालित योजनाओं का कियान्वयन भी इसी स्वरूप में हो बैठक में राज्य शासन द्वारा संचालित रोजगारोन्मुखी योजनाओं उद्यभिता केन्द्रित योजनाओं सहित प्रधानमंत्री जनधन योजनाप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केन्द्र और राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बैंकों से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई शिवराज छिंदवाडा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दोहराया है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में जांच के बाद ही कार्रवाई होगी आज छिंदवाड़ा में अपनी जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने ये बात कही वहीं शिवपुरी में अधिनियम के विरोध के बीच कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के किसी भी व्यक्ति पर गलत कार्यवाही नही होने दी जायेगी

शेष जिलों में आगामी अक्टूबर माह तक शतप्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य है

शेष जिलों में विद्युतीकरण कार्यो में वनग्राममजरा टोला आदिवासी क्षेत्रपहाडी क्षेत्रनदी नाले होने के वाबजूद दोनों विद्युत कंपनी द्वारा विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा

इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम मंत्रिमण्डल के सदस्यों की अध्यक्षता में आयोजित किये जाएंगे राज्य शासन ने मंत्रि मण्डल के सदस्यों को कार्यक्रम के लिये आवंटित जिलों की सूची जारी कर दी है विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा होशंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इसी तरह बाकी मंत्री अपने प्रभारी जिलों में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे मुहर्रम प्रदेशभर में आज मोहर्रम के मौके पर ताजिये के जुलूस निकाले जा रहे है यह इस्लाम धर्म के अनुयायी पैगम्बर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिये के जुलूस निकाले जाते है राजधानी भोपाल में भी इस दौरान प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं सतना जिले में भी मोहर्रम के अवसर पर आज ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे है जिसमें बडी संख्या में ताजिये और सवारियों के साथ अखाडे के संदस्य शामिल हैं डिंडोरी जिले में मोहर्रम के अवसर पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मददेनजर कड़े इंतजाम किये है खंडवाउमरियासीहोर सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी मोहर्रम के ताजिये निकाले जाने के समाचार मिल रहे है

यह व्याख्यान प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में संचालित विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है व्याख्यान में सीपीसीटी की महत्ता तैयारी के लिये मार्गदर्शन यूनीकोड प्रणाली के उपयोग और सीपीसीटी पास करने पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की जायेगी ईवीएम जानकारी प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिये मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में जानकारी देने के लिये भिंड जिले में मतदाता जागरूकता कार्यकम संचालित किये जा रहे है कलेक्टर आशीष कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के सामने ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन कर उन्हें मतदान करने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है इसके साथ ही मतदाताओं को उनके मताधिकार का महत्व समझाते हुए मतदान अवश्य करने की शपथ भी दिलाई जा रही है लोगो प्रतियोगिता रायसेन जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रमोशन के लिये जिले का ब्रांड लोगो तैयार करने के लिये प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा जिला पर्यटन और संवर्धन समिति द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकेंगे समिति द्वारा जिस प्रतिभागी के निर्मित लोगो का चयन किया जायेगा उसे पांच हजार रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी